उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसके लिए इस मिशन के तहत केन्द्र सरकार ने सभी चार किश्तें जारी कर दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा इससे प्रदेश के हरघर में जल्द ही नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने के लक्षय को हासिल करने में सुविधा होगी

ये जानकारी बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी जिला के मढ़ी में एचपी शिवा प्रोजैक्ट और सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के तहत आयोजित किसान प्रशिक्षण शिविर में दी

उन्होंने अधिक से अधिक किसानों से इस प्रॉजेक्ट के साथ जुड़ने का आह्वान किया महेन्द्र ठाकुर ने बताया कि शुरूआती दौर में इस प्रॉजेक्ट को पाईलेट आधार पर चार जिलों में चलाया गया है और अगले वर्ष मंडी कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर ऊना सोलन और सिरमौर जिलों के किसानों को इससे जोड़ा जाएगा

अमिताम अवस्थी प्रदेश में सभी मैडिकल कॉलेजों सहित नर्सिंग व पैरामैडिकल कॉलेज पहली दिसम्बर से खुलेंगे इसके तहत पहले व अंतिम वर्ष की कक्षाएं लगेंगी स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने आज शिमला में एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में नॉन कोविड मरीजों के उपचार में कोताही बरतने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

नमस्कार